बीते दिनों हर रोज दो सौ से भी कम मामले सामने आ रहे थे लेकिन कल प्रदेश से तीन सौ ग्यारह नये मामले सामने आए राज्य में अब तक मिले कोविड पॉजीटिव मरीजों की संख्या तीन लाख दस हजार के करीब पहुंच गई है विशेषज्ञों ने लोगों को कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है दूर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाक्र ने कहा है कि लोगों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण प्रदेश में मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं

रायपुर में हुए एक कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने इस रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर श्री दयाल ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर लोगों को सतत् सावधानी बरतने की जरूरत है इसी उद्देश्य से कोरोना जागरूकता रथ जगह जगह भ्रमण करेगा

यह जागरूकता रथ ग्यारह मार्च तक रायपुर शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों को जागरूक बनाएगा इसके अलावा कांकेर जगदलपुर दुर्ग बिलासपुर और अंबिकापुर में भी ई रिक्शा में बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस बीच राज्य में कोरोना टीकाकरण भी जारी है अब तक करीब दो लाख अट्ठारह हजार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है वहीं कल तक करीब नौ हजार छह सौ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई इसके अलावा कल तक नवासी हजार से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है इस बीच राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाक्र ने कहा है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड के ही दोनों टीके लगाए जाएंगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जनवरी महीने में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी उन्हें कोविशील्ड का ही दूसरा टीका लगाया जाएगा डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि जिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन लग चुकी है उन्हें अट्ठाईस दिन बाद दूसरा डोज लगवाना है तभी यह वैक्सीन अधिकतम प्रभावी होगी मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले एक दो दिनों से हो रही बेमौसम बारिश से उपार्जन केन्द्रों में रखे धान को भीगने से बचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा है कि बेमौसम बारिश के कारण यदि धान को नुकसान होता है तो क्षति का आंकलन कर प्रभावितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्रों में धान को व्यवस्थित तरीके से तालपत्री से ढंककर रखें और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए मुख्यमंत्री ने धान की कस्टम मिलिंग में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए इस बीच राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने रबी फसलों का कुल एक लाख बीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बीमा कराया है बेमौसम बारिश होने से चना की फसलों को अधिक नुकसान होने की संभावना है फसल नुकसान की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य चार एक नौ शून्य तीन चार चार जारी किया गया है इस नंबर पर फोन कर किसान फसलों के नुकसान की सूचना दे सकते हैं आकांक्षी जिला यूथ कार्यक्रम केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ मिलकर देश की सरकारी स्कूलों में कक्षा छठवीं से बारहवीं में अध्ययनरत् छात्रों के लिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ कार्यक्रम शुरू किया गया है इसमें देश के आकांक्षी जिलों से चयनित कुल चौदह में से सात छात्र महासमुंद जिले के हैं बागबाहरा विकासखंड के शासकीय क्लदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा के इन छात्रों को एक एक लैपटॉप केन्द्रीय मंत्रालय की ओर से दिया गया है इसके साथ ही छात्रों को रिचार्ज कूपन भी प्रदान किए गए हैं उल्लेखनीय है कि रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा के विज्ञान शिक्षक और सैंतीस छात्रों ने प्रथम चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स प्ररा किया इन छात्रों ने अपने आइडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से समाज की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजे थे देशभर से प्राप्त हुए आइडिया में से सौ आइडिया का चयन बीते बारह जनवरी को द्वितीय चरण के लिए किया गया था

वीडियो संदेश में श्री निशंक ने यह भी बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह चौदह मार्च तक चलेगी उन्होंने कहा कि इस बार यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा कार्यक्रम के प्रतिभागियों को माय जीओवी प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिये चुना जायेगा श्री निशंक ने बताया कि ऑनलाइन रचनात्मक लेखन की प्रतियोगिता के लिए पोर्टल चौदह मार्च तक खुला रहेगा वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि अब परीक्षा देने वाले बहादुर छात्रों ने अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी वापस लौट आया है इस बार यह कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा और यह पूरी तरह ऑनलाइन होगा एक ट्वीट में श्री मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए अपनी परीक्षाओं में शामिल हों उन्होंने कहा कि भारी मांग के बाद परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में अभिभावकों और अध्यापकों को भी शामिल किया जायेगा यह एक गंभीर काम न होकर रोचक तथा मनोरंजन से भरपूर चर्चा वाला आयोजन रहेगा प्रधानमंत्री ने छात्रों उनके अभिभावकों और शिक्षकों से कहा कि वे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें

गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी राजनीतिक प्रकरणों की सूची तैयार करने और जिला स्तर पर जानकारी तैयार कर समिति के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए इसी तरह मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक अन्य बैठक जर्जर शासकीय भवनों के पुनर्विकास को लेकर आयोजित की गई बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में जर्जर शासकीय भवनों के पुनर्विकास के लिए आवास और पर्यावरण विभाग नोडल विभाग होगा साथ ही छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम निर्माण एजेंसी होंगे डोंगरगढ़ प्रसाद योजना केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल आगामी दो मार्च को राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में केन्द्र सरकार की प्रसाद योजना की शुरूआत करेंगे राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने तैंतालीस करोड़ रूपये की स्वीकृति दो माह पहले दी है इस कार्य के शुरू होने से डोंगरगढ़ को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा यहां पर पर्यटकों के लिए ध्यान केन्द्र ओपन थियेटर लाइब्रेरी प्रसाद काउंटर कैफिटेरिया सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी

टेकाम डिजिटल ओलम्पियाड स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम आज रायपुर में आयोजित लोक सेवा केन्द्र ओलम्पियाड पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा तीसरी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए विविध विषयों पर आयोजित ओलम्पियाड की प्रावीण्य सूची में शामिल छत्तीसगढ़ के दस प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए यह ओलम्पियाड केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हिन्दी अंग्रेजी गणित विज्ञान भौतिकी रसायन जैसे विषयों पर बारह अक्टूबर से चार नवम्बर तक आयोजित किया गया था इस ओलम्पियाड में छत्तीसगढ़ से ग्यारह हजार बच्चे शामिल हुए थे समारोह में डॉक्टर टेकाम ने डिजिटल ओलम्पियाड में सहभागिता निभाने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों को भी सम्मानित किया

यह युवक कामकाज के सिलसिले में कल सुबह खिड़कीटोला के जंगल की ओर गया था वन मंडलाधिकारी ने बताया कि इस मामले की जांच कर मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी उधर कोरिया जिले के खड़गवां के देवाडांड गांव के पास दो हाथियों का दल विचरण कर रहा है वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है प्रधान महानिदेशक पदभार भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आज आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है वे भारतीय सूचना सेवा के उन्नीस सौ अठासी बैच के अधिकारी हैं संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत देवरी में सामुदायिक भवन और सारागांव में धान उपार्जन केन्द्र भवन का लोकार्पण किया रेलवे प्रशासन ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दुर्ग गोंदिया इतवारी गेवरारोड चिरमिरी कोवटी और छिंदवाड़ा के लिए तेरह पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध कराई है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी मंदिर के रोपवे की मालवाहक ट्रॉली टूटकर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई धमतरी जिले में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्राम पोटियाडीह में किसान पदयात्रा निकाली और दुर्ग पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ जियो खुलकर नशामुक्ति अभियान चला रही है